प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने आज अम्बाला छावनी में अधिकारियों व सैन्य कर्मियों केा सर्विस मतदाता पोर्टल बारे जानकारी दी आज पंचकुला में प्रवेश उत्सव व स्किल पास बुक का आयोजन किया गया शिक्षा विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव पी के दास ने कहा कि मान्यता के लिये आवेदन न भरने वाले और नियम पूरे न कहने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी बहचर्चित समझौता विस्फोट मामले में पाकिस्तान की महिला वकील दवारा दायर याचिका पर एनआईए अदालत का फैसला बीस मार्च को आयेगा कांग्रेस अध्यक्ष राह्ल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री भ्पेन्द्र सिंह हडडा की अध्यक्षता मे हरियाणा के लिये समन्वय समिति की घोष्णा की है आज समिति की सूची जारी करते हये कांग्रेस के महा सचिव ग्लाम नबी आज़ाद ने कहा कि इस घोषणा को वापिस लिया गया था ताकि सभी जगह के लिये एक साथ समन्वय समितियों को घोषणा की जा सके लेकिन अब समय की कमी के चलते ये समन्वय समिति की सुची दुबारा जारी की जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि समिति में श्री हडडा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर किरण चौधरी कमारी शैलजा रणदीप स्रजेवाला कलदीप बिश्नोई व दीपेन्द्र हडडा सहित चौदह और लोग शामिल है मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन ने लोकसभा चुनाव में सेना के अधिकारियों व कर्मियों की मतदान में पूर्व सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये आज अम्बाला छावनी मे सर्विस मतदाताा पोर्टल बारे विस्तृत जानकारी देते हये उनहें च्नाव में अपने वोट डाले के लिये प्रेरित किया

उन्होंने कहा िक सर्विस वोटर के लिये निर्धारित फार्म को सही तरीके से अरा जाये क्योकि छोटी सी गलती होने पर सम्बद्व को वोट डालेने से वंचित रहना पड़ेगा उन्होंने कहा कि सर्विस वोटर के लिये वोट बनाने का काम अभी चल रहा है और सर्विस वोटर पोर्टल में आर्मी नेवी एयफोर्स के कर्मचारी डिपलोमैटिक मिशन कर्मचारी व पैरामिल्ट्री फोर्स के कर्मचारी भी शामिल है इसी तरह भिवानी के उपमंडल अधिकारी प्रदीप ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता से सम्बधित सी विजल पर मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिये शिकायत एंव निगरानी सेल की स्थापना की है

उन्होंने कहा कि इसकेतहत किसी भी व्यक्ति को हिथयार लेकर चलने पर पूर्ण पांबदी होगी

उधर अम्बाला पृलिस पृलिस की ट्रकडियों ने शहर में फलैग मार्च निकाला

डीएसपी ने बताया कि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये यह फलैग मार्च निकाला गया है उन्होंने लाइसेंस धारकों से अपील की कि वे शीघ ही अपने हथियार नजदीकी थाने या आर्मटी मे जमा करायें

जिलाधीश आमना तस्जीम ने बताया कि मुद्रक व प्रकाशक को नाम अंकित किये बिना किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार सामग्री जारी करने की अन्मति नहीं होगी प्रिटिंग प्रेस संचालकों को भी निर्देश दे दिया ये है कोई अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी उधर आज पंचकूला मे सी विजल टीमों और शिकायत पर त्रंत कार्रवाई करने वाले फलाईग स्वायड के कर्मचारियों व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हरियाणा सरकार ने आज गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के समान में एक दिन का राजकीय शोक रखा है श्री पर्रिकर का कल निधन हो गया था हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार आज प्रदेश में राष्ट्य घ्वज आधा झुका रहेगा

इस कार्यशाला में पंचकूला क्रूक्षेत्र अम्बाला व यम्नानगर जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रधयापक व मुख्य प्राध्यापक शामिल हये श्री पी के दास ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूलो में बच्चों के दाखिले की गिनती बढ़ाने पर चर्चा हई उन्होंने कहा कि पहले भी कम होते दाखिले पर नियंत्रण किया गया है और सरकार इसे आगे ले जाना चाहती है स्किल पासब्क बारे उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी ने भी इसे अपनाया ह्आ है और हर कलास के बच्चों के लिये स्किल पास बुक लागू की गई है क्यूंकि हर बच्चों के पास कोई न कोई हनर होता है

प्रत्येक वर्ष दियेजाने वाले वजीफा पिछले साल देरी से दिये जाने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार समय पर वजीफा दिया जायेगा

गांवा के मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज गोवा के मीरामार में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया उनका कल अमाश्य के कैंसर के कारण निधन हो गया था बहचर्चित समझौता विस्फोट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने आज पाकिस्तान की एक महिला वकील की याचिका पर सुनवाई की इस याचिका पर अदालत अपना फैसला बौस मार्च को सुनायेगी मिली जानकारी के अन्सार आज इस याचिका पर सुनवाई के दौरान एनआईए व बचाव पक्ष के वकीलों दवारा जवाब दाखिल किया गया

बीस मार्च को अदालत यह तय करेगी कि अब पाकिस्तान की याचिका में बताये गये और पीडिय़ परिवारों को सुनवाई का मौका दिया जाये या नहीं

आज यमूनानगर के खंड खिजराबाद के गांव रेवेटी में आग लगने से अनाज फर्नीचर और बिजली के सामान सहित दो घरों का हज़ारों रूपये का सामान जल कर खाक हो गया हमारे संवाददाता ने बताया कि गांव के निवासी यामीन व क्यूम के कच्चे घरों मे अचानक आग लग गई आग के कारणों की अभी पता नही चला है

विभाग के अनुसार उसके बाद मौसम श्रष्क रहेगा आज भी मौसम श्रष्क रहा प्रदेश मे दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं हआ है आज नारनौल मे अधिकतम तापमान तीस डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया आज दोपहर जगाधरी के बीकेडी मार्ग पर तेज़ रफ्तार डपर ने एक व्यक्ति को कृचल दिया जिसकी मौके पर ही मृतय् हो गई

प्लिस के अन्सार चालक डंपर छोड़ कर मौके से फरार है और उसकी तलाश की जा रही है